आज मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जीवों पर भी दया और प्रकृति से प्रेम करने की सीख भारतीयों को पूर्वजों से विरासत में मिली है भारत के इस वातावरण को बनाये रखने के लिये दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियों के पक्षी हर साल आते है भारत में पूरे साल कई प्रवासी प्रजातियों का आशियाना बना रहता है प्रधानमंत्री ने हुनर हाट जैसे आयोजनों में शामिल होने का भी आव्हान किया है

भारतीय वैज्ञानिक ने जैविक ईधन से विमान उड़ाने की तकनीक को संभव कर मेक इन इंडिया को भी सशक्त किया है

यह प्रशिक्षण विदेश मंत्रालय द्वारा इंडियन टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत आयोजित किया जा रहा है

अकादमी के निदेशक राम कुमार चौबे ने बताया कि यह पहला मौका है जब हम पड़ोसी देश के जजों को प्रशिक्षण दे रहे हैं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

मंत्री स्वच्छता स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने आज सांवेर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया इस दौरान वे सड़को की सफाई अभियान में शामिल हुए उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वयं झाड़ू लगायी उन्होने बाद में नागरिको को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जन जन तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिये तत्पर है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

इस उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न नदी तटों और घाटों पर श्रद्वालु पितरों की शांति के लिये तर्पण और श्राद्व कर रहे है होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर बने सेठानी घाट पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्वालु स्नान कर तर्पण और दान कर रहे है जानकारों के अनुसार अमावस्या को पितरों की शांति का श्रेष्ठ दिन भी माना जाता है यह अमावस्या हिन्दू वर्ष की अंतिम अमावस्या भी होती है

पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है

इसमें समाजसेवियों स्कूल विद्यार्थियों के अलावा विदेशी पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया